वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्म निर्भर भारत के लिये प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर आज फिर जानकारी दी उन्होंने बताया कि नौ और कदम उठाये जा रहे हैं जिनके माध्यम से रेहड़ी ठेले वालों छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के अलावा शहरी गरीबों को मदद पहुंचाई जा रही है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की घोषणा के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई

उन्होंने बताया कि छोटे किसानों को पच्चीस लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये छियासी हजार छह सौ करोड़ रूपये के तिरसठ लाख रूपये के कृषि ऋण मार्च और अप्रैल के महीनों में स्वीकृत किये गये इसके साथ ही नाबार्ड ने मार्च में ग्रामीण बैंकों को उन्तीस हजार पांच सौ करोड़ रूपये की राशि जारी की

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों की मदद के लिये आश्रय स्थल तथा प्रतिदिन तीन समय के भोजन के लिये राज्य आपदा प्रबंध कोष में ग्यारह हजार करोड़ रूपये जारी किये गये

मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों के लिये एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है इस ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध है उन्होंने बताया कि आगे भी किसानों और गरीबों के लिये राहत की घोषणा की जायेगी

इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध होगी

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश म औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होने को देखते हुए अधिकारियों से सजग होकर काम करने को कहा आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मियों में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है विद्युत विभाग के लोगों को कोरोना योद्धाओं की तर्ज पर काम करना होगा उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया इसके लिये उन्होंने प्रदेश पॉवर कारोपेरेशन के अध्यक्ष से विशेष टीमें बनाकर समस्याओं का समाधान करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में कल रात सड़क द्र्घटना में छह प्रवासी मजदूरों की मौत की जांच मंडलायुक्त से करने को कहा है मुख्यमंत्री ने इस दुघटना पर दुःख व्यक्त किया तथा प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की उन्होंने शवों को बिहार में उनके निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को भी कहा तथा घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश दिये यह दुर्घटना मुजफ्फरनगर के समीप दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर राज्य सड़क परिवहन की बस से हुई जिससे कुचल कर छह प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी तथा पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए हर परिवार को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए क्वारंटीन सेन्टर और आश्रय स्थल में प्रवासी कामगारों के रहने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं यह सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन सेन्टर और आश्रय स्थल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो प्रवासी कामगारों को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाए रोजगार की दृष्टि से प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को इस सेक्टर से जोड़ने के लिए उनकी स्किल मैपिंग का कार्य निरन्तर जारी रखा जाए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए अचार पापड़ आदि की कम्युनिटी किचन में आपूर्ति की जाए श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में मास्क या फेस कवर को अनिवार्य किया गया है इसकी अवहेलना पर दंड का प्रावधान ह

उन्होंने बताया कि अब तक एक हजार नौ सौ तिहत्तर मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं उन्होंने बताया कि संक्रमण को रोकने में कम्यूनिटी सर्विलांस की अहम भूमिका है होम क्वारेंटाइन किये गये लोग घरों में ही रहें निगरानी समिति यह सुनिश्चित करें कि होम क्वारेंटाइन की अवधि का पूरी तरह से पालन हो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रोगियों का उपचार करने वाले नर्सिंग होम और पंजीकृत अस्पतालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर पचास प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का पंजीकरण छह महीने भी और बढ़ाएगी

हालांकि मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम बनी हुई है

अयोध्या के एक निवासी की स्पेशल ट्रेन में उन्नाव के पास मृत्यु हो जाने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसके पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था इस घटना के बाद पोस्टमार्टम से जुड़े सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हाउस को बंद करते हुए उसके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मेरठ में जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए संप्रर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है और नागरिकों के लिए सिर्फ दवा और दूध की दकानें ही आज खुलेंगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की नियमित मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और उपनगरोय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी

केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने कहा है कि उनका मंत्रालय और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड से संबंधित चार दवाईयों पर काम कर रहे हैं और इनका परीक्षण एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जायेगा अपने ट्वीट संदेशा में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां कोरोना संक्रमण से निपटने का रास्ता दिखाएंगी